भारतीय प्रशासनिक सेवा के छब्बीस अधिकारियों का किया गया तबादला

मैट्रिक परीक्षा में बाधा पहुंचाने वाले शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर उनकी जगह नयी नियुक्ति की जायेगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ नजदीकी थानों में प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाए साथ ही बर्खास्त किये गये शिक्षकों के पद को रिक्त मानते हुए उनकी जगह चल रही नियोजन प्रक्रिया के तहत नयी नियुक्ति की जाए जारी आदेश के अनुसार उन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी जिनको मैट्रिक परीक्षा में वीक्षण और मूल्यांकन में लगाया गया है लेकिन उन्होंने योगदान नहीं दिया है साथ ही हड़ताली शिक्षक जो दूसरे शिक्षकों को काम करने से रोक रहे हैं उनपर भी कार्रवाई की जायेगी इसके अलावा वैसे शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी जो शिक्षा विभाग के कार्यालयों को जबरन बंद करवा रहे हैं इसके लिए शिक्षा विभाग ने मुख्यालय स्तर पर एक विशेष कोषांग का भी गठन किया है इधर प्रदेश भर के लगभग चार लाख नियोजित शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं इससे मैट्रिक की परीक्षा में कहीं बाधा नहीं पहुंची लेकिन कई विद्यालयों में पठन पाठन बाधित रहा मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कल कदाचार के आरोप में पचास परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया सबसे अधिक छह छह परीक्षार्थी रोहतास और मधुबनी जिले से निष्कासित किये गये राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के छब्बीस अधिकारियों का तबादला किया है इनमें चौदह जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं हिमांशु शर्मा को पटना नगर निगम का नया नगर आयुक्त और रमन कुमार को बुडको का निदेशक बनाया गया है आलोक रंजन घोष को खगड़िया कंवल तनुज को कटिहार कौशल कुमार को सहरसा आदित्य प्रकाश को किशनगंज अमित पांडेय को सीवान यशपाल मीणा को नवादा और सौरभ जोरवाल को औरंगाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है

पटना को ड्रबोने के मामले में दोषी ठहराये गये चौदह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है कंकड़बाग अंचल की तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी प्रनम कुमारी और तेरह इंजीनियरों को निलंबित किया गया है निलंबित किये गये अभियंताओं में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आठ और पथ निर्माण विभाग के पांच अभियंता शामिल हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो केन्द्रीय टीम नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों के दौरे पर पहुंच गयी है टीम के सदस्य डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि टीम सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य कोन्द्रों का निरीक्षण करेगी साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जायेगी इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए तीस हजार आठ सौ बाईस स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने अठारह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि लगभग छह की संख्या में आये अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है राज्य से चिकित्सा के लिए दिल्ली जाने वाले आम लोग भी अब बिहार निवास में ठहर सकेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दिया है उन्होंने इसके लिए बिहार भवन और बिहार निवास में सभी आवश्यक सुविधा विकसित करने का निर्देश दिया खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से प्रदेश के निबंधित किसानों को पीओएस मशीन से टैग करने का अनुरोध किया है प्रदेश में अभी एक करोड़ बीस लाख निबंधित किसान हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था शुरू हो जाने से खाद की कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी राज्य सरकार ने युवा कौशल कार्यक्रम के तहत संचालित दो सौ उनतीस प्रशिक्षण केन्द्रों की जांच का आदेश दिया है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षण ले रहे छात्रों की उपस्थिति बायोमीट्रिक मशीन से भी कराने का निर्देश दिया हर घर नल का जल योजना की निगरानी की जिम्मेदारी निगरानी अनुरक्षक करेंगे इनके जिम्मे अबाध रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना समय पर पम्प चालू करना और तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने की जिम्मेवारी होगी पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धी थाना में पदस्थापित दारोगा रामदेव प्रसाद और एक सरपंच बीरेन्द्र महतो को गिरफ्तार किया गया है इन दोनों का एक रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है पूर्व मध्य रेलवे के सुपौल सरायगढ़ रेलखंड पर कल ट्रेन का स्पीड ट्रायल होगा इस रेल मार्ग के आमान परिवर्तन का काम पूरा कर लिया गया है औरंगाबाद जिले के गोह रफीगंज मुख्य मार्ग पर एक चार पहिया वाहन के बिजली के खंभे से टकरा जाने के कारण चार लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये वहीं सीतामढ़ी जिले के ड्रमरा बड़ी बाजार के पास पिकअप वैन की चपेट में आने से पुनौरा थाना में पदस्थापित दारोग राकेश सिंह की मौत हो गयी सारण जिले के सोनपुर प्रखंड के बैजलपुर केशव गांव में एक शादी समारोह में भोज खाने के बाद तीन सौ से अधिक लोग बीमार हो गये सभी का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है सीवान जिले के महादेवा पुलिस चौकी क्षेत्र के हकाम गांव के पास अपराधियों ने तीन महिलाओं को गोली मार दी इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गयी सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा में अज्ञात अपराधियों ने कुख्यात अपराधी इंदल महतो की गोली मारकर हत्या की दी मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर से पुलिस ने तीन ट्रकों पर ले जाये जा रहे एक सौ पांच मवेशियों के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र स्थित बखरी दुर्गा मंदिर में एक नाबालिग बच्ची की शादी कराने के मामले में पुलिस ने लड़की की मां और उसके कई रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है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 दैनिक भास्कर की सुर्खी है निर्भया के दोषियों का तीसरा डेथ वारंट अब तीन मार्च को फांसी हिन्दुस्तान ने लिखा है सुप्रीम आदेश सेना में महिलाओं को अब बराबरी का हक दैनिक जागरण लिखता है हरिद्वार के मातृ सदन में गंगा की अविरलता को लेकर अनशन कर रही नालंदा की साध्वी पद्मवाती का स्वास्थ्य बिगड़ा एम्स दिल्ली किया गय रेफर प्रभात खबर की सुर्खी है हड़ताल के बीच शुरू हुई मैट्रिक परीक्षा पचास निष्कासित राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने को वार्ताकार नियुक्त दैनिक आज की सुर्खी है गांधी मैदान में सम्पन्न एग्रो बिहार में किसानों ने जमकर खरीदा कृषि यंत्र

भारतीय प्रशासनिक सेवा के छब्बीस अधिकारियों का किया गया तबादला